कल आठवें पूर्वोत्तर क्षेत्र महोत्सव को संबोधित करते हुए श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अपनी प्रच्र प्राकृतिक संपदा और मानव संसाधन के बल पर देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र एक बड़ी आर्थिक ताकत बनकर उभरेगा उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से काफी हद तक महफूस रहने वाला यह क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का इंजन बनेगा और यूरोप से आने वाले सैलानियों के लिए पसंदीदा पर्यटक स्थल भी बनेगा

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बर्फ से ढके पहाड़ और सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मानभूम और नामदफा बाघ अभयारण्य है यह बात श्री मेन ने शनिवार को नामसाई जिले के चौखाम में पा सा बनाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के दौरान कही श्री मेन ने कहा कि पा सा ताई खामती के सबसे अधिक मांग वाले पारंपरिक व्यंजनो मे से एक है इसका शाब्दिक अर्थ है कीमा बनाया हआ मछली यह एक ताजा नदी की मछली है जो विभिन्न जड़ी बूटियों और मसालो के साथ मिश्रित होती है और इस विशेष व्यंजन की तैयारी एक कला है पारंपरिक व्यंजन को आदिवासी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बताते हए उन्होंने इस तरह की अनोखी व्यंजनो की तैयारी को संरक्षित करने और य्वा पीढ़ी के बीच बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया

अद्वारह नए मामलो में से ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सात तवांग से छह वेस्ट कामेंग से तीन और पापुमपारे एवं लेपाराडा जिलो से एक एक मामला सामने आया है इस बीच शनिवार को इलाज के बाद ग्यारह मरीज स्वस्थ हुए जिसके साथ ही स्वस्थ होने वालो का आकड़ा बढ़कर सौलह हजार तीन सौ तैंतीस हो गई है और सक्रिय मामलो की संख्या दो सौ इकतालीस हो गई है

केरल और महाराष्ट्र में क्ल सक्रिय मामलों का चालीस प्रतिशत है

मेच्का में स्थित शिल्प केंद्र को जिला कौशल नोडल केंद्र के रुप में पहचान की गई है श्री दिर्ची ने बताया कि योजना के अंदर किसान व्यक्तिगत या समूह के रुप में दस लाख रुपए तक का ऋण ले सकेंगे जिसमें पैतीस प्रतिशत सरकारी अनुदान होगा

अपने शोक संदेश में म्ख्यमंत्री ने कहा कि श्री ताके सागाली क्षेत्र से एक प्रभावशाली और सम्मानीय व्यक्ति थे स्वर्गीय ताके जमीनी स्तर से राजनीति के साथ ज्ड़े हुए थे और लगातार तीन बार ग्राम पंचायत सदस्य के रुप में निर्वाचित हए उन्नीस सौ अट्टहत्तर से उन्नीस सौ नब्बे तक वे ओमप्ली के गांव ब्ढ़ा भी रहे श्री खांड् ने कहा कि उनके निधन से राज्य ने उच्च सम्माननीय वरिष्ठ नागरिक और एक अच्छे इंसान को खो दिया है